कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

पहले चरण में जिन जनपदों में चुनाव होना है वे है सहारनपुर गाजियाबाद रामपुर बरेली हाथरस आगरा कानपुर नगर झांसी महोबा प्रयागराज रायबरेली हरदोई अयोध्या श्रावस्ती संतकबीरनगर गोरखपुर जौनपुर और भदोही पंचायत चूनाव के तीसरे चरण के चूनाव के लिये नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है

प्रदेश में ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य पद के लिये चुनाव चार चरणों में कराये जा रहे है

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान केन्द्रों पर कोविड संक्रमण से बचाव के लिये कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों में सैनिटाइजेश्न सहित आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है

उन्होंने कहा कि सर्वाधिक संक्रमण प्रभावित जनपदों लखनऊ कानपुर नगर वाराणसी तथा प्रयागराज जनपद में विशेष ध्यान देते हुए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक नगर स्थानीय निकाय और गांवों में स्वच्छता सैनिटाजेशन और फागिंग के कार्य को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के साथ साथ विभिन्न संचारी रोगों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि रोडवेज की बसों को नियमित रूप से सेनिटाइज किया जाये और बसों में निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही यात्रियों को बैठाया जाये उन्होंने प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का कार्य प्रभावशाली ढंग से प्रसारित करने के लिये भी कहा प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं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

मां भगवती की आराधना का पर्व वासंतिक नवरात्र आज से शुरू हो गये है नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व के पहले दिन आज भक्तों ने घरों में कलश स्थापना कर माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शलपुत्री की पूजा अर्चना की मंदिरों में पूजा अर्चना के लिये कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार विशेष व्यवस्था की गई है मंदिरों मे एक बार में सिर्फ पांच लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है जनपद बलरामपुर स्थित प्रसिद देवीपाटन शक्तिपीठ पर कतारबद्ध होकर श्रद्धालु मां भगवती का दर्शन पूजन कर रहे हैं एक रिपोर्ट बलरामपुर के तुलसीपुर नगर में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर प्रातः काल की आरती के साथ चेत्र नवरात्रि का विशेष पूजन अर्चन शुरू हो गया है सुबह से ही श्रद्धालु कतार बंद होकर दर्शन पूजन कर रहे हैं अन्य प्रदेश व जनपदों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु देवीपाटन पहुंचकर मां पाटेश्वरी का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं

मिर्जापुर स्थित प्रसिद शक्तिपीठ विंध्याचल में आज से नौ दिवसीय चैत्र नवरात्र मेला शुरू हो गया है

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुख समृद्धि की कामना की है कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते आज सिख समुदाय के लोग बैसाखी का पर्व घरों में रहकर ही सादगी के साथ मना रहे हैं लखनऊ स्थित प्रमुख गुरूद्वारों में बैसाखी के अवसर पर होने वाले सभो कार्यक्रम रद्द कर दिये गये हैं उधर सिंधी समाज की ओर से भगवान झूलेलाल की जयन्ती पर आज निकलने वाली शोभा यात्रा नहीं निकाली जायेगी चेटीचंद मेला कमेटी के अनुसार भगवान झूलेलाल की जयन्ती पर सिंधी समाज के लोग घरों में रहकर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं

कोविड महामारी को देखते हुए विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने तरावी की नमाज मस्जिदों में अदा करने के लिए गाइडलाइन जारी की है लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि सभी लोग रमजान में कोविड गाइडलाइन का पालन करें और कोशिश करें कि अपने घरों में ही रह कर इबादत करे बाइट मेरी सबसे यही अपील है कि इबादत तो करे लेकिन जितने भी कोविड से रिलेटिट प्रोटोकॉल है प्रिकाशन है उनको पूरी तरह से अपनाये चाहे मस्जिद में हो या मस्जिद से बाहर मास्क बिल्कुल न उतारे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्यान मस्जिद में भी और मस्जिद के बाहर भी रखे

मुख्यमंत्री ने कहा कि रमज़ान के पवित्र दिनों में रोज़ा मानवता की सेवा ईश्वर की बन्दगी जैसे नेक कार्यों से धैर्य आत्म अनुशासन सहनशीलता सादगी जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है इससे परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना बलवती होती है मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश समरसता भाईचारे और सांस्कृतिक एकता की मिसाल है इसी विरासत और परम्परा को अक्षुण्ण रखते हुए कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोग रमज़ान के दौरान घर में ही रहकर धार्मिक कार्य सम्पन्न करें प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ एवं हज राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने प्रदेशवासियों को रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मुस्लिम समुदाय से अपील की कि हम एक दूसरे की चिंता करते हुए घर में रह कर ही इबादत करें और दुआ करें कि कोरोना जैसी महामारी से देश और द्निया को जल्द से जल्द निजात मिल सके

वे जम्मू कश्मीर में परिसीमन कार्य की देखरेख से संबंधित आयोग के सदस्य भी हैं